प्रदेश में मैट्रिक परीक्षा कल से पंद्रह लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि देश केवल सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है श्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश शक्ति से नहीं बल्कि लोगों के संस्कारों और सामर्थय से मिलकर बना है

यहां रहने वाले लोगो के सामर्थन से कना है

ये सारे घाम आस्था और आध्याल के ही केन्द्र नही है बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है श्री मोदी ने चंदौली जिले के पड़ाव में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरसठ फीट उंची प्रतिमा का अनावरण किया देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है प्रधानमंत्री ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक ओंकारेश्वर महाकालेश्वर तथा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलेगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने फिर दोहराया है कि देश के राजकोषीय घाटे के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट तैयार करते समय राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दो हजार तीन को ध्यान में रखा गया और इसका पालन किया गया वित्तमंत्री जन जन का बजट के दूसरे चरण में हैदराबाद में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि बजट तैयार करते समय सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है वित्तमंत्री ने जोर देकर कहा कि मांग पूरी करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और खपत बढ़ाने के लिए आवंटन किए गए हैं उन्होंने जीएसटी से जुड़े सभी अधिकारियों को वस्तु और सेवाकर के बारे में जिला तथा स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने का भी निर्देश दिया है

परीक्षा के लिये पूरे प्रदेश में तेरह सौ से अधिक केंद्र बनाये गये हैं चौबीस फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में पंद्रह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इस बार मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है परीक्षा में सात लाख तिरासी हजार छात्राएं जबकि सात लाख छियालीस हजार से अधिक छात्र शामिल होंगे उन्होंने बताया कि परीक्षा को कदाचार रहित बनाने के लिये मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों और ओएमआर शीट पर परीक्षार्थियों की तस्वीर लगी होगी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गयी है पहली पाली सुबह साढ़े नौ बजे से और दूसरी पाली दोपहर पौने दो बजे से शुरू होगी सभी परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों पर दस मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है परीक्षा में विलंब से और जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की प्रस्तावित हड़ताल से मैट्रिक परीक्षा को अप्रभावित बनाने के लिये पूरी तैयारी की गयी है सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि परीक्षा के दौरान रूकावट पैदा करने वाले हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा बाईस फरवरी को पहली बार बिहार आएंगे भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाने के साथ पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओ को संबोधित करेंगे उन्होंने बताया कि श्री नड्डा ग्यारह जिलों में बनाए गए भाजपा के जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे आज की बैठक में पार्टी के केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर संजय जायसवाल सहित सभी जिलों के जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए बाईट भूपेन्द्र यादव पार्टी में नये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन विहार के सभी एक हजार नौ सौ मंडलों तक नीचे तक गठन की प्रक्रिया की पूरी समीक्षा की गयी और संगठन को आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया गया बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा की गई स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में विभिन्न देशों से आये कोरोना वायरस के अट्ठाईस संदिग्ध लोगों को गहन चिकित्सा निगरानी में रखा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को बीमारी के इलाज से संबंधित मानक संचालन प्रणाली भेजी गयी है इसके साथ ही पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है श्री कुमार ने कहा कि वायरस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नम्बर एक सौ चार पर सम्पर्क किया जा सकता है इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए एक मेडिकल टीम का भी गठन किया है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने आज तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में श्री केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के छह सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इनमें मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन गोपाल राय कैलाश गहलोत इमरान हुसैन और राजेन्द्र गौतम शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मद्यनिषेध अभियान के लिये पूरे देश में रोल मॉडल है आज नई दिल्ली में शराब मुक्त भारत पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की मांग फिर दोहरायी मुख्यमंत्री ने कहा कि मद्यनिषेघ से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्होंने कहा कि यह सामाजिक धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है समस्तीपुर जिले के पुसा स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज से तीन दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हुआ योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने मेले का उद्घाटन करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार कृषि रोडमैप के अनुसार किसानों के आर्थिक विकास के लिये लगातार काम कर रही है मेले में समस्तीपुर दरभंगा और बेगूसराय सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये किसानों के उत्पादित फसलों के स्टॉल लगाये गये हैं जाली नोटों का कारोबार करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने सुपौल कटिहार और भागलपुर से गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से चौबीस हजार रूपये मूल्य के जाली नोटों के साथ नकली मुद्रा छापने की मशीन भी जब्त की है मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड मे एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने मे विफल साबित हुई है दरभंगा के लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में कला संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वधान में प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग एथेलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में मेहसौल ओपी प्रभारी रजा अहमद सहित दो अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के इस्तम्बरार में प्रलिस ने सत्रह लीटर देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है

प्रदेश में मैट्रिक परीक्षा कल से पंद्रह लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल